इसके अंतर्गत प्रवासियों को मई और जून के महीनों में प्रति व्यक्ति पांच पांच किलोग्राम अनाज म्फ्त दिया जाएगा इससे शहरों के प्रवासियों और रास्तों में फंसे प्रवासियों की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी

आय्ष्मान भारत प्रधानमंत्री नरेनद्र मोदी ने गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक निश्ल्क इलाज सुलभ कराने वाली आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ का आंकड़ा पार होने पर आज गहरी प्रसन्नता व्यक्त की

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आयुष्मान योजना देश के गरीबों के लिए संजीवनी है

नगर के कई स्वयं सेवी संगठन ट्रेनो में यात्रा कर रहे श्रमिकों को भोजन नाश्ता और पानी दे रहे हैं

ये सेवा गर्भवती महिलाओं के लिए की गई है

अलीराजप्र जिले में आज एक और कोरोना संक्रमित मरीज सामाने आया है

बाकी दो मरीज की स्थिति स्थिर बनी है बड़वानी जिले के सेंधवा में आज पांच और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं

बालाघाट जिले में आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है

इस पाठ्यक्रम को ऑनलाइन पढ़ाने की श्रुआत के साथ ही इग्नू विश्व का पहला विश्वविदयालय बन गया है जो एमए हिंदी का प्रा पाठ्यक्रम ऑनलाइन भी पढ़ायेगा केंद्रीय मंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों को आश्वासन देते हए कहा कि मंत्रालय की तरफ से उनको ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित हर संभव मदद दी जाएगी